प्रदेश में चलाए जा रहे कोरोना के विरूद्व जन आंदोलन का सकारात्मक असर केन्द्र ने की अभियान सराहना राज्य में छह नगर निगम चुनावों के लिए आज से लोक सूचना जारी होने के साथ ही शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया कोविड प्रतिबंधों के कारण पूर्व में वंचित रहे अभ्यर्थियों के लिए आज देशभर में हो रही है नीट परीक्षा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

और अब समाचार विस्तार से प्रदेश में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा मुख्यमंत्री अंशोक गहलोत ने ऐसे मामलों में जल्द नियुक्ति देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति के उन नियमों को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं जिसके कारण मृत कार्मिक के मूल विभाग में पद रिक्त नहीं होने पर उसके आश्रित के आवेदन को दो साल तक के लिए लंबित रखा जाता था इस नियम के कारण मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति के लिए इंतजार करना पडता था श्री गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि ऐसी स्थिति में उसके आश्रित को जल्द नियुक्ति देने के लिए आवेदन पत्र कार्मिक विभाग को भेजा जाए विभाग आवेदक की पात्रता के आधार पर किसी दूसरे विभाग में रिक्त पद पर जल्द नियुक्ति देने की कार्यवाही करेगा

प्रदेश में राज्य सरकार की ओर शुरू किए गए कोरोना के विरूद्व जन आन्दोलन और नो मास्क नो एन्ट्री अभियान का आमजन में सकारात्मक असर पडा है लोगों में मास्क पहनने के प्रति चेतना बढी है और लोग एक दूसरे को भी कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में जागृत कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति और जन आन्दोलन की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने भी इस अभियान की सराहना की है केन्द्र ने अन्य राज्यों से भी अपेक्षा की है कि वे भी ऐसे अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें

प्रदेश में कोरोना संकमणों के मामलों में लगातार कमी आ रही है

जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर सी आर यादव ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोरोना से बचाव के लिए लोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की अपील की है

चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए नामांकन के दौरान कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी

इस बीच जयपुर जिला कलक्टर ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है राज्यपाल कलराज मिश्र ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉ आलोक त्रिपाठी को सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर कुलपति नियुक्त किया है इस बीच मुख्यमंत्री के सलाहकार डीबी गुप्ता को मुख्यमंत्री राजस्थान इकॉनोमिक ट्रांसफॉर्मेशन सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आज उन विद्यार्थियों के लिए फिर आयोजित की जा रही है जो पिछले महीने हुई परीक्षा में कोविड प्रतिबंधों के कारण शामिल नहीं हो सके थे पुनर्परीक्षा आज दिन के दो बजे और शाम पांच बजे आयोजित की जाएगी उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने प्रनर्परीक्षा का आयोजन किया है

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा एमएनआईटी के माध्यम से आयोजित की गई चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा तकनीकी कारणों की वजह से निरस्त कर दी गई है प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अखिल अरोरा ने बताया कि ये परीक्षा इसी महीने दुबारा ऑफ लाइन होगी